निर्वाचन आयोग ने दिल्ली के एक और उत्तरी केरल के चार मतदान केन्द्रों पर फिर से मतदान कराने का फैसला लिया

आज जयपुर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रज्ञा ठाक्र पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं की यह बेहद द्र्भाग्यपूर्ण है उन्होंने कोलकाता चुनावी हिंसो को लेकर निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाया और कहा कि आयोग द्वारा लिया गया फैसला सही नहीं था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

इसमें पश्चिम बंगाल के शेष नौ संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का चुनाव भी शामिल है जहां प्रचार कल एक दिन पहले ही समाप्त कर दिया गया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

इस केन्द्र में प्रक्रिया संबंधी खामी की वजह से रविवार को दोबारा मतदान होगा

निर्वाचन आयोग ने विज्ञप्ति में बताया कि कासरगोड लोकसभा सीट के तीन मतदान केंद्रों और कन्नुर के तालीपरम्बा में एक मतदान केंद्र पर दोबारा मतदान होगा कांग्रेस और भाजपा दोनों ने निर्वाचने आयोग के इस फैसले का स्वागत किया है

पुलिस के अनुसार इस मामले में तेजी से सभी आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किए जाएंगे मामले की फास्ट ट्रैक पर सुनवाई की जाएगी और आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने के प्रयास होंगे

चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने बताया कि प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य कोन्द्रों पर आने वाले रोगियों और अन्य लोगों को प्रश्नावली के जरिये डेंगू से बचाव की जानकारी दी जा रही है

यह जानकारी ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग ने दी है

जयपुर के बाहरी इलाकों में भी पानी की किल्लत देखी जा रही है अजमेर रोड और जगतपुरा में बेडी संख्या में बने बहमंजिले इमारतों के निवासी सरकार से बहमंजिला फ्लेटों में भी पानी का कनेक्शन देने की मांग कर रहे है गौरतलब है कि अब तक बहुमंजिला फ्लेटों में पानी का कनेक्शन देने को लेकर सरकार कोई नीति नहीं बना पाई है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

कई ग्राम पंचायतों में इंटरनेट सुविधाएं शुरू हो गई है

सीकर में इन दिनों लगातार अंधड आ रहा हैं कल देर रात फतेहपुर शेखावाटी में आये अंधड के कारण कई पेड और बिजली के खम्मे गिर गये

नागौर की कृषि मंडी में रखी अनाज की बोरियां खराब हो गई च्रू में भी रात को तेज अंधड आया और मध्यम दर्जे की वर्षा हुई इसी तरह बीकानेर में भी तेज आंधी की वजह से कई दुकानों के टीन शेड उड गये और नहरों में बडी संख्या में पेड गिर गये